पूर्व राष्ट्रपति को देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए दिये अमूल्य योगदान के लिए याद किया गया

विदयाथियों ने स्कूलों में जाकर अपनी पढ़ाई सम्बधी शंकाओं को लेकर अध्यापकों के साथ सीधा वार्तालाप किया

आज देशभर मे पूर्व राष्टपति डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की गई डॉ कलाम को मिसाइल मैन के तौर पर जाना जाता है राष्ट्रपति राम नाथ कोविद ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति एवं अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में डॉ कलाम के चित्र पर श्रदधांस्मन अर्पित किये उप राष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने कहा कि डॉ कलाम सादगी और ज्ञान के प्रतीक थे उन्होंने देश की रक्षा और अंतरिक्ष क्षमताओं को मज़बूत करने में अमूल्य योगदान दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक राष्ट्रपति और वैज्ञानिक के तौर पर डॉ कलाम द्वारा दिये गये विलक्षण योगदान को कतई भुलाया नहीं जा सकता उन्होंने कहा कि डॉ कलाम की जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत रत्न डॉ ए पी जी कलाम को आज उनकी जयंती पर याद किया सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉ कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हये कहा कि उनके विचार और आदर्श लोगो को प्रेरित करते रहेंगे हरियाणा कोरोना महामारी के कारण बंद किये गये स्कूल आज से खेल दिये गये है

इसके बाद कक्षाओं में अध्यापकों ने विदयार्थियों के तापमान की जांच की और बच्चों को कोरोना के बचाव के लेकर सरकार दवारा जारी यिके दिशा निर्देशों के बारे में बताया

लेकिन बच्चों में दूरी रहे इसका पुरा ख्याल रखा गया भिवानी के राजकीय कन्य वरिष्ठ माध्यामिक विदयालय की प्राचार्या किरण गिल ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरे स्कूल को सैनेटाइज करवाकर छात्राओं का तापमान मापने व मास्क पहना होने की सुरज में ही उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है छात्र हर्षिता व म्स्कान ने बताया कि लंबे समय के बाद उन्हें स्कूल में पहंच कर अच्छा लग रहा है उन्होंने अपने अध्यापकों से सीधे मिलकर अपनी पढ़ाई सम्बधी समस्याओं को दूर किया है उधर सिरसा में भी आज से नियमित रूप से स्कूल खोलने की तैयारी थरी स्कूलों का सैनेटाइज भी किया गया सामाजिक द्री के आधार पर कक्षाओं में बच्चों को बैठने की व्यवस्था भी की गई

यमुनानगर में आज तीनो कृषि कानूनों के समर्थन में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के किसानों दवारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई इसमे बड़ी संख्या में किसान शामिल हये आर्मी ग्राउंड में किसानों को सम्बोधित करते हये केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के अन्नदाता का अहित नहीं कर सकते

उन्होंने कहा कि किसान इस कानून से ख्श है वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसानों को आगे कर अपना स्वार्थ सिदध करना चाह रही है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभ्य तरीके से सभी को अपनी बात कहने का हक है लेकिन अव्यवस्था फैलाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जायेगी और सीमा लांघने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी

मास्क पहनो रखो दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी जब तक दवाई नहीं तब तक शिलाई नहीं कोरोना वायरस से ख्द को और अपने आस पास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है

संवाददाता के अन्सार बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की आज शाम तक घोषणा हो सकती है

हरियाणा के नौरनौल जिले में कही भी अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री नहीं होगी कोई भी विभाग कानुन के अनुसार ही ऑन लाइन आवेदन आने पर ही अनापति प्रमाण पत्र और एनडीसी जारी करेगा इस मामले में अगर कोई भी विभाग ला परवाही बरतेबा तो सम्बधित अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी जिला उपाय्क्त आर के सिंह ने आज जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक यह आदेश जारी किये उन्होंने कहा कि नगर एवं आयोजना विभाग की देखरेख मे यह सुनिश्चित किया जाये कि जिला में कही भी अवैध कालोनी विकसित न हो उपायुक्त ने कहा कि जल्द डयूटी मैजिस्ट्रेट निय्क्त कर दिये जायेंगे और निर्माण को गिराने के लिए सूची जारी की जायेगी हरियाणा के खेल एकव य्वा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह खेलो इंडिया का आयोजन कर चुके असम राज्य के दौरे पर गये है ताकि हरियाणा में आगामी वर्ष खेलो इंडिया का कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके एक सरकारी प्रवक्ता ने से मिली जानकारी के अन्सार खेल राज्यमंत्री ने वहां खिलाडिय़ों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर खेल स्टेडियम मे राज्य सरकार एंव खेल विभाग द्वारा खेलों का आयोजन के समय की गई तैयारियों का अवलोकन करेंगे आज उन्होंने ऑ असम टैनिस ऐसोसिएशन के सहयोग से टेनिस के मैदान का दौरा किया और वहां खेलों इंडिया के दौरान किये गये प्रबंधों का जायज़ा लिया इसके अलावा खेल राज्य मंत्री ने असम खेल प्राधिकरण के सहयोग से दिसप्र के भोगेशवरी फुकानानी इंडोर स्टेडियम का भी दौरा किया और स्टेडियम में जिमनासिटक और भारोतोलन के खिलाडिय़ों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायज़ा लिया इसके बाद उन्होंने साई के ग्वाटी स्थित क्षेत्रीय केन्द्र का दौरा करके मुक्केबाज़ी फुटबाल और जूडो सहित कई खेलों के बारे जानकारी ली